सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यह निर्देश इन शिकायतों के बाद जारी किया है कि शुल्क समय पर जमा न करने के कारण अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है

बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने सोलन के नौणी स्थित बागवानी विश्वविद्यालय के निरीक्षण के दौरान आज ये जानकारी दी उर्न्होने कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधान व नई तकनीक के लाभ खेतों तक पहुंचाने की ज़रूरत पर बल दिया महेन्द्र सिंह ठाक्र ने विश्वविद्यालय में उत्पादन व प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण कर वैज्ञानिकों को इस दिशा में ज़रूरी दिशा निर्देश दिए पीडीएस खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं

इससे जहां फर्जी राशन कार्ड धारकों पर अंकृश लगा है वहीं राशन के द्रूपयोग पर रोक लगने के साथ साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आई है उन्होंने कहा कि सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों पर उपभोक्ताओं के राशन खरीद संबंधी बिल व कैशमैमो उनके मोबाइल पर उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है परमार पालमपुर के पनापर में मण्डल स्तरीय वन महोत्सव का स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज शुभारम्भ किया

पौधरोपण मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भेंट की उन्होंने लेडी गवर्नर दर्शना देवी को उनके जन्मदिन की बधाई भी दी इस दौरान राज्यपाल और लेडी गवर्नर ने राजभवन परिसर में पौधरोपण भी किया पुलिस महानिदेशक सीताराम मरढ़ी समेत कई अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने संस्कृति व नैतिक मूल्यों के संरक्षण की जरूरत पर बल दिया है सोलन में एक धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने सभी से सनातन धर्म द्वारा दिखाए सदमार्ग पर चलने और देश की उन्नति के लिए कार्य करने का आग्रह भी किया दूसरी ओर रोटरी क्लब सोलन के एक अन्य समारोह में सहजल ने पोलियो उन्मूलन में संस्था के प्रयासों की सराहना की उन्होंने उम्मीद जताई कि ये संस्था भविष्य में न केवल अपने कार्यो का विस्तार करेगी बल्कि नई योजनाओं के साथ पीड़ित मानवता की सेवा भी करेगी श्रीखंड यात्रा देश की सबसे कठिन यात्राओं में शामिल श्रीखंड कैलाश यात्रा आज से अधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है यात्रियों के पहले जत्थे को आनी के विधायक किशोरी लाल ने आज निरमण्ड से रवाना किया

विधायक किशोरी लाल ने कहा कि आने वाले समय में यात्रा की अवधि एक महीना करने का प्रयास किया जाएगा प्रशासन की तरफ से सिंहगाड़ में स्थापित बेस कैंप में पंजीकरण के बाद ही यात्रा की अनुमति होगी शोभा यात्रा उधर भगवान श्री जगन्नाथ की आज नाहन में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालओं ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचकर उनसे आशीर्वाद लिया इस अवसर पर मौजूद विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि मेले व त्योहार आस्था के प्रतीक हैं और इनसे संस्कृति की झलक देखने को मिलती है उन्होंने बताया कि नाहन शहर को पर्यटन की द्रष्टि से विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है कांग्रेस कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुटता से कार्य करने का आहवान किया है

सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष ठाक्र सुखविन्दर सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं व जनता में उत्साह है और पार्टी प्रदेश की चारों सीटें जीतने में कामयाब रहेगी गोविंद ठाकुर राज्य सरकार खेल की हर विधा के विकास के लिए तेजी से कार्य कर रही है